प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खण्ड राष्ट्र को समर्पित किया कहा यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

झुंझुनू के पिलानी भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ सहित आस पास के इलाकों में भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक एक डिग्री तक आ गया

दिन में तेज धूप निकलने के बाद भी गलन से कोई खास राहत नहीं मिली तेज ठंड और पाले से फसलों को बचाने के लिये ग्रामीण इलाकों में किसानों को विशेष उपाय करने पड़ रहे है

शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुन सीकर और श्रीगंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ इलाके में तेज शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दो दिन का ये अभ्यास आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले गुजरात के राजकोट और गांधीनगर पंजाब के लुधियाना और शहीद भगतसिंह नगर जिलों तथा असम के सोनितपुर और नलवाडी जिलों में चलाया गया इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित बदलाव करना है ताकि इस पूरे अभियान को बाधा रहित बनाया जा सके अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाडियों की मदद करेगा श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ की हड्डी और धमनियों का होता है इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे

उसने इस समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति में ऐतिहासिक बदलाव किया है

उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ बीएल जाटावत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द किया गया है इस परीक्षा के आयोजन का नया कार्यक्रम अलग से जारी किया जायेगा

राजस्थान पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि घने कोहरे के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हए सभी बस चालकों को पाबंद किया जाये